एक करोड़ छत्तीस लाख गरीब बच्चों को मिलेगा लाभ

अब तक दो लाख बयालीस हजार मरीज स्वस्थ हुए और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी बर्फीली हवा के कारण ठिठुरन बढ़ी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

नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में अठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी बिहार सहित छह राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को छह छह हजार रुपये दो दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पांच वर्ष तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उनसठ हजार करोड रुपये की स्वीकृति दे दी है केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि इस व्यवस्था से लगभग एक करोड छत्तीस लाख ऐसे गरीब बच्चे अगले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे जो कक्षा दस के बाद पढाई जारी नहीं रख पा रहे हैं इस योजना का केन्द्रीय भाग प्रत्यक्ष धन अंतरण के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजा जाएगा

राज्य में कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण के लिए सभी संवदेनशील स्थानों पर शीघ्र ही सीसीटीवी लगाये जायेंगे पटना में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि विधि व्यवस्था पर पूरी मुस्तैदी से काम किया जा सके उन्होंने पुलिस की विशेष ट्रेनिंग पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए सरकार सभी संसाधन उपलब्ध करायेगी और बिहार पुलिस एकेडमी में ही सभी तरह की ट्रेनिंग दी जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने का फिर आग्रह किया है इसके अलावा उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार और मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने को कहा है प्रदेश में कोविड उन्नीस से अब तक दो लाख बयालीस हजार दो सौ चौवालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ नौ लोगों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव चार दो प्रतिशत है वहीं एक दिन में छह सौ चालीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख अड़तालीस हजार छह सौ अड़सठ हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक दो सौ संतावन मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं औरंगाबाद से तिहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं इसी अवधि में पांच मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन सौ सड़सठ हो गया है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार छप्पन है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए

हमें समझना भी होगा कि एक बार में इतने वैक्सीनेशन नहीं बन सकते इस लिए वैक्सीनेशन आ भी जाये तो उसके लिए जो गर्वमेंट प्रॉयटी दे उसको ध्यान से सुनें और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन प्रणाली को मजबूत करने के लिए ग्रैंड चैलेंज की शुरूआत की है इसका इस्तेमाल देश भर में कोविड वैक्सीन वितरण तंत्र को प्रभावी बनाने में किया जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया है मंत्रालय के स्टार्टअप हब एमएसएच पोर्टल पर शुरू किए गए इस चैलेंज के तहत प्रतिभावान और नवाचार संबंधी स्टार्टअप्स तथा उभरते प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सत्ताइस दिसम्बर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में स्थित लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम के लिए आम लोग नमो ऐप माईजीओवी फोरम या टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने सुझाव और विचार साझा कर सकते हैं

राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है उत्तर पश्चिम से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान पांच दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पश्चिम और पूर्वी चंपारण गोपालगंज दरभंगा और सीतामढ़ी सहित कई अन्य जिलों में कोल्ड डे की स्थिति देखी गयी मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि सत्ताईस दिसम्बर से पूरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो जायेगा इससे दिन और रात में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना है इधर शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपमुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पूरे प्रदेश के अंचल स्तर के प्रमुख स्थनों पर अलाव जलाने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है इधर कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है प्रदेश से होकर गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही है पटना एयरपोर्ट पर एक दर्जन से अधिक विमानों की आवाजाही में देरी हुई है केन्द्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र स्थित राज्य के पांच शिक्षण संस्थानों में एनसीसी की इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दी है यहां ट्रेनिंग की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले वर्ष जनवरी में राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे एनसीसी के बिहार झारखंड के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इन्द्रबालन ने बताया कि सीमांचल इलाकों में एनसीसी कैडेट्स को भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी प्रशिक्षण देगी इस अभियान के तहत नये एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जायेगी राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर आज द्रसरे दिन भी हड़ताल पर हैं जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण अस्पतालों में इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं बाधित हैं हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों के इलाज की ड्यूटी को हड़ताल से बाहर रखा है ये सभी जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं पटना उच्च न्यायालय में चार जनवरी से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए फिजिकल सुनवाई होगी इससे पहले कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए न्यायालय में विडियो कांफ्रेंसिंग से वर्चुअल सुनवाई हो रही थी पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक ने बताया कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए तेईस कोर्ट रूम को फिजिकल सुनवाई के लिए तैयार किया गया है कोर्ट रूम में वैसे वकीलों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी जिनका केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा रेलवे ने दरभंगा से नरकटियागंज तक रेल लाईन का दोहरीकरण की मंजूरी दी है इसके अंतर्गत दरभंगा से सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए नरकटियागंज स्टेशन तक रेलवे लाईन का दोहरीकरण कार्य किया जायेगा इधर समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत सहरसा पूर्णिया कोट के बीच वर्ष दो हजार बाईस से इलेक्ट्रिक ट्रेन के परिचालन के लिए लगभग बयासी किलोमीटर रेलखंड के विद्युतीकरण के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है पूर्व मध्य रेल की ओर से इकतीस दिसम्बर तक चलाये जाने वाली इंटरसिटी ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ा दी गयी है पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि अगले एक महीने तक इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है सृजन घोटाले में सौ करोड़ की अवैध निकासी के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है इस घोटाले में अब तक दो दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है सभी मामलों की जांच सीबीआई कर रही है पटना एम्स में सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी सेवा अठाईस दिसम्बर से शुरू होगी इसमें प्रतिदिन प्रत्येक विभाग में बीस नये मरीजों को देखा जायेगा एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सी एम सिंह ने बताया कि मरीजों को इलाज के लिए एक दिन पहले निबंधन कराना होगा और सभी मरीजों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए अवकाश कैलेंडर घोषित कर दिया गया है इस कैलेंडर में इक्यानवे दिन का अवकाश और तीस दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने कोविड वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है को वैक्सिन छह से बारह महीने तक असरदार दैनिक जागरण की सूर्खी है बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑनलाईन परीक्षा फार्म भरने संबंधी नियमों में अभ्यर्थियों की परेशानी को लेकर बदलाव किया दैनिक भास्कर का शीर्षक है नियोजित शिक्षकों के तबादले के लिए तैयार हुआ साफ्टवेयर दिव्यांग और महिला शिक्षकों को ही किया जायेगा तबादला राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे सड़क की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए प्रभात खबर ने लिखा है गंगा पाथवे पर अगस्त से दौड़ेगी गाड़ियां आठ जगहों पर अशोक राज पथ से जुड़ेगा

एक करोड़ छत्तीस लाख गरीब बच्चों को मिलेगा लाभ

अब तक दो लाख बयालीस हजार मरीज स्वस्थ हुए और प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी बर्फीली हवा के कारण ठिठुरन बढ़ी